श्री मोदी आज स्वामी चिद्भवानंदजी की श्रीमद्भगवदगीता के ई संस्करण के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे कोविड महामारी के दौरान देश के लोगों के साहस की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने तेजो से काम करते हुए स्वदेशी टीका विकसित किया उन्होंने कहा कि भारत के लिए गौरव की बात है कि यहां बने टीके दुनिया भर में जा रहे हैं श्रीमद्भगवदगीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा यह ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है जिसमें विचारों का खजाना है उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान दुनिया को श्रीमद्भगवतगीता के रूप में बेहतरीन जीवन दर्शन मिला उन्होंने कहा कि गीता का मूल संदेश कर्म करना है जो हमारे दिमाग को खुला रखता है प्रधानमंत्री ने कहा कि ई पुस्तकें युवाओं में विशेष रूप से लोकप्रिय हो रही हैं इसलिए यह प्रयास गीता के महान विचारों को युवाओं में लोकप्रिय बनायेगा उन्होंने नौजवानों से आग्रह किया कि वे श्रीमद्भगवतगीता के संदेश को अपनायें क्योंकि यह व्यावहारिक और भरोसेमंद है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल पूर्वान्ह अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इसकी शुरूआत करेंग

प्रदेश में चार जगहों पर इस कार्यकम का आयोजन किया जा रहा है ये हैं बलिया में शहीद स्मारक लखनऊ के काकोरी स्थित शहीद स्मारक मेरठ में शहीद स्मारक स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय और झांसी में ऐतिहासिक किला और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार

अमृत महोत्सव का उद्देश्य लागों को कांतिकारियों द्वारा किये गये त्याग और बलिदान से अवगत कराना है

उन्होंने कहा कि इस योजना से बच्चों और शिक्षकों में पठन पाठन की सिर्फ दिलचस्पी ही नहीं पैदा होगी बल्कि इससे अवसर और प्रतिष्ठा की समानता भी हासिल होगी इस अवसर पर मण्डलायुक्त गौरव दयाल ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य आईएएस आईपीएस पीसीएस नीट और एनडीए समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग निःशुल्क प्रदान करना है उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल ग्रामीण इलाकों के प्रतिभावान छात्रों के लिए वरदान है गौरतलब है कि जिले में अब तक चार सौ छियासी छात्रों का पंजीकरण हो चुका है और अध्यापन के लिए शिक्षकों की सूची विभिन्न विद्यालयों और निजी कोचिंग संस्थानों से हासिल कर कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं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

प्रादेशिक समाचारों के इस ब्रलेटिन में आपका फिर से स्वागत है प्रदेशभर में महाशिवरात्रि का पर्व भक्तिभाव और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है धार्मिक नगरी वाराणसी हर हर महादेव के जयघोष से गूंजायमान है कल देर शाम से ही शिवनगरी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए लोगों की कतारें मन्दिर के बाहर लग गई थीं आज सुबह मंगला आरती के बाद मन्दिर के कपाट खुलने पर श्रद्वालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा नगर और आस पास के इलाकों के सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ है शिव आराधना जलाभिषेक और नदियों में पवित्र स्नान का कम भी जारी रहा राम नगरी अयोध्या में भी बम बम भोले की गूंज है शिव भक्त सुबह घर से ही शहर के प्रसिद्ध नागेश्वर नाथ और क्षीरेश्वर मंदिर में दुग्धाभिषेक व जलाभिषेक के लिए कतार में खड़े दिखाई पड़े वही सरयू स्नान घाट पर भी शिव भक्तों की भारी भीड़ है स्नान ध्यान कर सरयू जल लेकर मंदिरों की तरफ श्रद्वालु बढ़ रहे हैं राजधानी लखनऊ के बुद्धेश्वर शिव मंदिर में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ रही महिलाओं और पुरूषों की अलग अलग लम्बी कतारें दर्शन पूजन के लिए लगी रहीं पौराणिक नगरी कन्नौज में महाशिवरात्रि की धूम है तड़के गंगा के महादेवी घाट पर आस पास के जिलों से आये हजारों कावड़ियों और श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया जौनपुर जिले के प्रमुख शिवमंदिरों में श्रद्वालुओं ने जलाभिषेक और रूद्राभिषेक किया केराकत के प्रसिद्ध गोमतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बिरहा का मुकाबला भी हआ बरेली शहर की चारों दिशाओं में स्थित भगवान शिव के मंदिर घोपेश्वरनाथ मणिनाथ वनखंडीनाथ और त्रवतीनाथ में शिवभक्तों की भारी भीड़ रही वहीं पीलीभीत में प्रमुख शिवालयों में लोगों का तांता लगा रहा श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर धार्मिक अनुष्ठान पूरे किये गोमती देवहा और शारदा नदियों में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई इस पर्व के साथ ही आज माघ मेले का समापन भी हो रहा है एक रिपोर्ट प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है भगवान शिव की आराधना करते हुए भक्त गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं स्नान के बाद भक्त शिव मंदिरो में प्रभु की आराधना कर रहे हैं शहर के प्रमुख शिव मंदिरों मनकामेश्वर सोमेश्वर और नाग वासुकी मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए हैं

इस बीच वाराणसी में शिव भक्तों को काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और वह स्पर्श दर्शन नहीं कर सकेंगे हालांकि उन्हें गर्भ ग्रह के चारों दरवाजों को छूते हुए पूजा करने की इजाजत दी गई है ऐसा कोरोना संक्रमण के चलते जारी प्रोटोकॉल के तहत किया गया है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में तेरह लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गये आगरा में आज सुबह एतमादुद्दौला थाना क्षेत्र में एक बेकाबू चार पहिया वाहन और ट्रक के बीच टक्कर में नौ लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गये उधर मिर्जापुर जिले के मड़िहान इलाके में सूगापांख गांव के पास गिट्टी से लदे ट्रक ने मोटरसाइकिल से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर एक महिला और बच्ची को कुचल दिया इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार सहित चार लोगों की मृत्यु हो गयी पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जरूरी कानूनो कार्रवाई शुरू कर दी है फिरोजाबाद में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले अंतर्राज्योय गिरोह के प्रमुख सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर करीब दो लाख रूपये नकली नोट और नोट छापने के उपकरण बरामद किये हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडेय ने बताया कि जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में आज पुलिस ने छापे के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से जाली नोटों के साथ साथ नोट छापने की मशीनें प्रिंटर सहित उन्नीस उपकरण बरामद किये श्री पांडेय ने बताया कि गिरोह का सरगना गजेन्द्र सिंह उर्फ काका पंजाब का रहने वाला है